पेट्रोल की कीमतों में आज प्रति लीटर बीस पैसे और डीज़ल की कीमतों में पन्द्रह पैसे की कमी की गई है

तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट की वजह से भारतीय तेल कंपनियों ने यह कटौती की है तेल कंपनियों दवारा जारी अधिसुचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत छियत्तर आज रूपये अद्वावन पैसे प्रति लीटर ओर डीज़ल की सड़सठ रूपये पचानवें पैसे प्रति लीटर हो गई है रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलगाड़ियों की स्रक्षा सरकार की सर्वोत्म प्राथमिकता है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है अपने मंत्रालय की चार वर्ष की उपलब्धियों की आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान रेलवे के विकास और आधनिकीकरण पर बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है उन्होंने बताया कि एक लाख करोड़ रूप्ये से राष्ट्रीय रेल स्रक्षा कोष बनाया गया है ताकि स्रक्षा सम्बधी कार्यो के लिए सम्चित राशि उपल्बध कराई जा सके

उन्होंने कहा कि मानव रहित फाटकों को खत्म करने सिग्नल व्यवस्था में सुधार तथा ट्रैकस के अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है इस अवसर पर रेल मंत्री ने रेल मदद और मैन्यू ऑन रेल्स नामक दो मोबाइल एप भी जारी किये

खेल मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की मांग पर ओलंपिक की तैयारी के लिए विदेशी कोचों की व्यवस्था की जायेगी उन्होंने बताया कि राज्य में तकरीबन चार सौ व्यायाम एवं योग शालायें बनाई जा च्की है तथा अन्य गांवों में योगशालायें बनाई जा रही है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि होमगार्ड वांलटियरके कॉल आऊब् रोस्टर को ज्लाई मास से विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जायेगा ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता स्निश्चित हो साथ ही इन्हे मानदेय की राशि भी नदक या चेक से न करके महीनें के पहले सप्ताह में ई पेयमेंट के जरिये करने के निर्देश भी दिये गये हरियाणा के बिजली वितरण निगमों ने एक साथ लाभ अर्जित किया है और प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ किया है वितरण निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक शत्र्जीत कपूर ने पंचक्ला में आयोजित एक सम्मान समारोह में यह जानकारी दी

श्री कप्र ने बताया कि दोनों निगमों ने प्रदेशों में बिजली चोरी पर नकेल कस कर लाइन लोसिस काफी हद तक कम किये है जिसकी वजह से प्रदेश के एक तिहाई ग्रामीण क्षेत्र को शहरी तर्ज पर चौबीस घंटे बिजली दी जा रही है

स्ममेलन का उदघाटन् फील्ड ओप्रेशन डिवीजन के उप महानिदेशक श्री एस के मदान ने किया अपने सम्बोधन मे श्रीमदान ने सही और विश्वसनीय डाटा एकत्र करने की आवश्यक्ता बताते हए कहा कि फील्ड स्टाफ द्वारा एकत्र विश्वसनीय डाटज्ञ से योजना तथा नीति निर्माण और विकास में मद मिलती है पश्पालान एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त म्ख्य सचिव पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला आज पंचक्ला में महिला आयोग के दफतर पहंचकर अपना पक्ष रखा एसीएस स्नील क्मार ग्लाटी ने महिला आयोग को ई मेल भेजकर इन गंभीर आरोपों के जवाब देने के लिए कम से कम तीन दिन का समय देने की मांग की है

हरियाणा शहरी निकाय प्राधिकरण के दायरे में पेट्रोल पंप डीज़ल पंप तथा सीएनजी पंप स्थापित करने के लिए म्ख्यमंत्री श्री मनोहर ला ने कमेटी की रिपोर्ट पर अपनी स्वीकृति दे दी है अब पंप साइट ऑन लाइन होगी इससे अधिक से अधिक लोगों आवेदन कर सकेंगे और व्यवस्था पारद्रर्शी होगी गौरतलब है कि व्यवस्था को पारद्रर्शी बनाने तथा सबके लिए आवेदन स्लभ बनाने के लिए म्ख्यमंत्री ने कमेटी का गठन किया था भारत का मौसम विभाग शीघ्र की बाढ़ का अन्मान लगाने और निवारक तकनीकों के लिये अचानक बाढ़ मार्गदर्शन प्रणाली का इस्तेमाल करेगा अबतक बाढ़ की चेतावनी केन्द्रीय जल आयोग जारी करता है मौसम विभाग के महानिदेशक के जे रमेश ने कहा है कि राष्ट्रीय मौसम एजेंसी इस सेवा का अगले महीनें से श्रू करने जा रही है उन्होंने बताया कि इसके लिए देश के विभिन्न हिससों से अलग अलग किस्म की मिट्टी की जांच की जा रही है हर मिट्टी मे सोखने की क्षमता कितनी है श्री रमेश ने कहा कि बाढ़ की तैयारियों के लिए राज्य तथा जिला स्त्रीय किसान समूहों तथा आपदा प्रबंधन एजेंसियों को भी उचित मार्गदर्शन दिया जायेगा केन्द्रीय समाज कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने पलवल महात्मा गांधी मार्ग साम्दायिक केन्द्र एवं पंचायत भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को सम्बोधित करते हए पलवल जिले के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं पर कार्य किया गया है जिनमें जिले मे केएमपी व केजीपी का निर्माण किया जाना तथा शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए एपीवेटेड प्ल का निर्माण करना शामिल है

पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान थाना प्रभारियों की सिफारिश पर अच्छा काम करने वाले प्लिस कर्मियों को सम्मानित भी किया और कहा कि अपने क्षेत्र में पूरी मेहतन व ईमानदारी से डयूटी करने वाले प्लिस कर्मी को हर सोमवार प्रंशसा पत्र व ईनाम देकर कर सम्मानित किया जायेगा हरियाणा प्लिस के महानिदेशक बी एस संधू ने दिवंगत हेड कांस्टेबल श्री भागीरथ की धर्मपत्नी श्रीमती क्स्म को आज द्र्घटना मृतय् कवर के तहत तीस लाख रूपये का चेक प्रदान किया श्री भागीरथ की गत सात मई को भिवानी के सिवानी कोर्ट परिसर में गोलीबारी में मृत्यु हो गई थी

प्लसि ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में शव ग्रह में रखवा दिया है प्लिस के अन्सार सूचना मिलने पर वहां देखा गया कि अनून नाम य्वक फांसी पर लटका है और उसकी पत्नी प्रीती खाट पर पड़ी रही है और दोनों की शादी तीन वर्ष पूर्व हुई थी घटना के कारणों का पता नहीं चला है सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर मैंगस्टर संपत नेहरा को हरियाणा प्लिस ने पंचकूला जिला अदालत में पेश किया अदालत ने नेहरा को सात दिन के प्लिस रिमांड पर भेजा है संपत नेहरा पर पंचकूला में दीपक नामक कैदी को पूलिस कस्टडी से छड़ा कर ले जाने का मामला दर्ज है गौरतलब है कि गत छ जून को आई जी सौरभ सिंह व डीआईजी सतीश बालन के नेतृत्व में लॉरेंस बिश्नोई मैंग के वांछित अपराधी संपत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था